केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कारगर तरीके से लागू करने में विद्यार्थियों और शिक्षकों से सहयोग का किया आग्रह राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने जमशेदपुर वीमेंस कॉलेज द्वारा आयोजित ग्रेजुऐट डे प्रोग्राम में लिया हिस्सा कहा मजबूत राष्ट्र निर्माण के लिए बेटियों को शिक्षित बनाना जरूरी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विभिन्न जिलों से आये लोगों की शिकायतें सुनीं कहा राज्य सरकार जन समस्याओं को दूर करने का कर रही साकारात्मक प्रयास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

इससे पूर्व वैदिक मंत्रोचार के साथ सबसे पहले भूमि पूजा की गयी मौके पर विभिन्न धर्मगुरुओं ने सर्वधर्म प्रार्थना भी की

श्री मोदी ने कहा कि नया संसद भवन का निर्माण नूतन और पुरातन के सह अस्तित्व का उदाहरण है

उन्होंने कहा कि नया भवन सांसदों की कृशलता बढ़ाएगा क्योंकि यह आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि मौजूदा भवन में ढांचागत विस्तार की और गुंजाइश नहीं थी यही कारण है कि नए संसद भवन का निर्माण करना आवश्यक हो गया था उन्होंने कहा कि इससे आने वाले वर्षो में संवैधानिक कर्तव्यों को सफलतापूर्वक निभाने में सहायता मिलेगी इस अवसर पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह गृहमंत्री अमित शाह रक्षामंत्री राजनाथ सिंह संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी आवासन तथा शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी कई केंद्रीय मंत्री और सांसद उपस्थित थे

नये भवन के निर्माण पर नौ सौ एकहत्तर करोड़ रुपए की लागत आएगी इसमें पुरानी संसद के मुकाबले अधिक समिति कक्ष और राजनीतिक दलों के कार्यालय होंगे नया भवन अत्याध्रनिक सुविधाओं से लैस और ऊर्जा की कम खपत वाला होगा नए संसद भवन के निर्माण में हरित प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल होगा और यह पर्यावरण के अनुकूल होगा

शिक्षा मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सब लोगों को एकजुट होकर नई शिक्षा नीति को सफल बनाने का प्रयास करना चाहिए उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कारगर तरीके से लागू करने में विद्यार्थियों और शिक्षकों से सहयोग का आग्रह किया

आज नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार किसानों को मंडियों की जंजीरों से मुक्त कराना चाहती है ताकि वे अपनी उपज मंडी से बाहर कहीं भी किसी को भी और मनचाही कीमत पर बेच सकें उन्होंने कहा कि किसानों को कृषि सुधार के जिन प्रावधानों पर आपत्तियां हैं सरकार उनके बारे में खुले दिल से बातचीत करने को तैयार हैं उन्होंने यह भी कहा कि बातचीत के दौरान कई लोगों का यह भी कहना था कि कृषि संबंधी कानून अवैध हैं क्योांकि कृषि राज्य का विषय है और केन्द्र इस पर कानून नहीं बना सकता उन्होंने स्पष्ट किया कि केन्द्र को कृषि पदार्थों के व्यापार के बारे में कानून बनाने का पूरा अधिकार है

उन्होंने कहा कि बेटी शिक्षित समाज की नींव हैं और शिक्षित समाज ही मजबूत राष्ट्र का निर्माण करता है वे आज जमशेदपुर वीमेंस कॉलेज द्वारा वर्च्अल माध्यम से आयोजित तीसरे ग्रेजुएट डे प्रोग्राम पर बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहीं थीं इस अवसर पर कोल्हान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ गंगाधर पांडा ने कहा कि गुरु जो भी शिक्षा देता है उसकी अच्छी बातों को ग्रहण करें जमशेदपुर विमेंस कॉलेज की प्रिंसिपल डॉ शुक्ला मोहंती ने कहा कि इस कोरोना काल में उन्होंने एक सौ पैंतालिस छात्राओं को वर्चअल माध्यम से डिग्री और स्वर्ण पदक प्रदान किया

लोगों ने मुख्यमंत्री को पानी बिजली सड़क पेंशन आवास से जुड़ी समस्याओं से अवगत कराया मुख्यमंत्री ने सभी लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया इस दौरान सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने भी मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी समस्याएं बतायी इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जन समस्याओं को दूर करने का प्रयास कर रही है वर्तमान सरकार का पूरा प्रयास है कि मूलभूत और बुनियादी सुविधाओं को घर घर तक पहुंचाएं सभी के जीवन स्तर में सकारात्मक परिवर्तन लाना सरकार की प्राथमिकता है

अभियान के तहत शून्य से लेकर दो वर्ष तक के बच्चों का टीका लगाया गया टीका लगने से बच्चों में छह जानलेवा बीमारी टेटनस काली खांसी ककर खांसी पीलिया और टीबी जैसे रोगों से बचाव होगा मौके पर गर्भवती महिलाओं एवं किशोरी बच्चियों को खानपान में हरी साग सब्जी दूध फल और दाल का सेवन करने की सलाह दी गयी गर्भवती महिलाओं एवं बालिकाओं को आयरन की गोली का भी वितरण किया गया गर्भवती महिलाओं को बेहतर प्रसव के लिए अस्पताल जाने की सलाह दी गयी खूंटी जिले में अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने सभी थाना प्रभारियों के साथ बैठक की इस दौरान उन्होंने थाना प्रभारियों को लंबित मामलों के निष्पादन फरार अपराधियों और उग्रवादियों पर नकेल कसने का निर्देश दिया अवैध अफीम की खेती नष्ट करने के लिए थाना क्षेत्रों में टीम बनाकर कार्रवाई की रणनीति बनाने को कहा इधर दिसंबर जनवरी में जिले के सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों में पर्यटकों का आगमन शुरू हो गया है ऐसे में सुरक्षा को लेकर पुलिस अधीक्षक ने पुलिस कर्मियों को अलर्ट मोड में काम करने को कहा

श्री मंडल ने सभी बूथ स्तरीय अधिकारियों को फैमिली रजिस्टर बनाने का भी निर्देश दिया बूथों के निरीक्षण के दौरान राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं एवं प्रतिनिधियों से पुनरीक्षण कार्य को सफल बनाने के साथ साथ नये मतदाताओं का नाम सूची में दर्ज कराये जाने को लेकर सहयोग की भी अपील की

धनबाद के राजगंज में बीती रात सड़क हादसे में चार लोगों की मौत हो गयी इधर रांची टाटा मार्ग पर नामकम के जामचुआ के पास आज सबह सडक दूर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई जबकि तीन लोग घायल हो गए इनमें एक की रिथति गंभीर है उधर पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के बरांव में आज एक वाहन के धक्के से एक वृद्ध महिला की मौत हो गयी

देवघर में अहले सुबह टाटा से गोड्डा जा रही बस घने कोहरे के वजह से पालोजोरी के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई जिसमें एक महिला की मौत हो गई और आठ यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए कोडरमा बाजार समिति परिसर में बीती रात आग लगने से वहां रखे तकरीबन चार लाख रुपए के फलों के कैरेट पूरी तरह से जलकर नष्ट हो गए अगलगी की घटना में फल बेचने वाले कई ठेलों को भी नुकसान पहुंचा है गढ़वा के भवनाथपुर के शादी समारोह में फायरिंग से एक युवक की मौत हो गयी मेदिनीनगर शहर थाना पुलिस मामले की छानबीन कर रही है रामगढ जिले में गोला प्रखंड के ऊपरबरगा बरलंगा सहित विभिन्न पंचायतों में आज परियोजना पदाधिकारी मानिक चंद्र प्रजापति ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों के चयन के लिए जांच अभियान चलाया अभियान के दौरान योजना के लाभ के लिए प्राप्त आवेदनों के अनुसार आवेदकों के वर्तमान आवास का निरीक्षण किया गया